प्रधानमंत्री ने पूर्ण बंदी वाले जिलों और राज्यों में लोगों से घरों से बाहर न निकलने और कोविड उन्नीस के खिलाफ लडाई में निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है श्री मोदी ने टवीट के जरिए लोगों को इसके प्रति सावधान रहने को कहा है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों नर्सो और स्वच्छताकर्भियों जैसे कोरोना योद्वाओं के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए लोगों की सराहना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड उन्नीस से लंबी लडाई में देश की विजय यात्रा की यह केवल एक शुरुआत है इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों से भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है और कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऐसा करना सुरक्षित है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह समय भीड़ से बचने का है और डिजिटल भुगतान इसमें मददगार है इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के चलते अपने यहां लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करें सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए उधर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी को बताया कि यह धारणा गलत है कि यह वायरस मांसाहार से फैल रहा है उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि यह वायरस नॉनवेज या अण्डा खाने से फैलता हो कोरोना मुख्ममंत्री लॉकडाउन मुख्यमंत्री भपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ सरकार ने कोरोसा वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य के ँ शहरी क्षेत्रों में इकतीस मार्च तक कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है इस दौरान समी कार्यालय संस्थान परिवहन सेवाएं और अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कल मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल शॉप किराना दुकानें जनरल स्टोर्स सब्जी दूध और पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे साथ ही बिजली आपूर्ति जल प्रदाय सेवाएं घरेलू गैस आपूर्ति सेवा नगर निगम की साफ सफाई और कचरा निपटान तथा आवश्यक वस्तओं के कमर्शियल परिवहन सेवाए पहले की तरह निबाध रूप से कार्य करती रहेंगी उन्होंने आम जनता से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर एक सौ चार और अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए एक सौ बारह नंबर डायल कर संपर्क करने को कहा वहीं मुख्यमंत्री ने आज प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए वे घरों में ही रहें उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नागरिक ऐसा कोई काम न करें जिससे संक्रमण की आशंका बढ़ जाए वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कोरोना वायरस का तीसरा स्टेज नजदीक आ रहा है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन यानी कर्फ्यू जैसे निर्णय कठोर है लेकिन आपके परिवार की जीवनरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है कोरोना परिवहन सेवाएं राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है राज्यों की बस सेवा को स्थगित करने के बाद अब दूसरे राज्यों से आने वाली बसों और अन्य गाड़ियों के छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगा दिया है इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सात राज्यों मध्यप्रदेश प्रवेश पर महाराष्ट्र तेलंगाना ओडिशा उत्तरप्रदेश झारखंड और आंधप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी सार्वजनिक परिवहन टैक्सी आटो और ई रिक्शा के संचालन को तत्काल प्रभाव से आगामी इकतीस मार्च तक स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों मेल एक्सप्रेस ट्रेनों सहित अन्य समी यात्री टेन सेवाओं को आगामी इकतीस मार्च तक के लिए रद्द कर दिया है इसके कारण बुकिंग कार्यालय रिजर्वेशन अनारक्षित टिकट काउंटर और पार्सल कार्यालयों को भी इकतीस मार्च तक बंद करर्न का निर्णय लिया गया है वहीं घरेलू वाणिज्यिक एयरलाइंस का संचालन कल आधी रात से बंद हो जाएगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि समी एयरलाइन्स चौबीस मार्च को रात के ग्यारह बजकर उनसठ मिनट से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच जाने की योजना बनाएं श्रम मंत्रालय कोरोना कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी निजी और सार्वजनिक उपक्रमों को परामर्श जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन न काटें और उन्हें सवैतनिक छड़ी दें सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय श्रम और रोजगार विभाग के सचिव हीरालाल सामरिया ने कहा कि यदि कोई श्रमिक छट्टी लेता है तो उस अवधि का उसका वेतन न काटा जाए उन्होंने कहा कि यदि कोविड उन्नीस के कारण कामकाज नहीं होता है तो ऐसी इकाइयों के कर्मचारियों को काम पर माना जाए मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग से इस संबंध में आवश्यक परामर्श जारी करने को कहा है

इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आवंटन जारी करते हुए अंत्योदय प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डघारकों को चावल के साथ नमक और शक्कर का भी एक साथ वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं वहीं राज्य शासन ने आगामी इकतीस मार्च तक बंद प्रदेश के समी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में तीन से छह वर्ष आयु के सामान्य मध्यम और कुपोषित बच्चों को रेडी टू ईट देने का निर्णय लिया है कोरोना जिला अलर्ट दुर्ग जिले में कोरोना वायरस की आशंका के चलते अब तक बारह लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है वहीं एक सौ अड़तालीस लोग होम आईसोलेशन में हैं जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकर ने बताया कि जिले से अब तक सत्रह ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है अभी तक दूर्ग जिला कोरोना वायरस के प्रभाव से मुक्त है इस बीच जिला प्रशासन ने सुपेला स्थित आकाशगंगा में खुले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया और आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड की वूसली की उधर कबीरधाम जिले में सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से मौत तथा अन्य भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है इसी तरह सरगुजा में होटल में शादी और पार्टी का आयोजन करने वाले होटल संचालक और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है वहीं कोरिया जिले में रामनगर थाना के तहत पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की सीमा को कल शाम से सील कर दिया गया है जिला मुख्यालय बैंकृंठपुर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जवानों ने फ्लैग मार्च किया अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह आज दोपहर शहर में निकले और पुलिस अधिकारियों को कानून का पालन पुलिस नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए

तीर्थयात्रियों की वापसी के लिए परिजनों के आग्रह पर क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने पहल की है श्री बघेल ने मुजफ्फरनगर के कलेक्टर से चर्चा कर तीर्थयात्रियों की वापसी की व्यवस्था करने को कहा जिस पर कलेक्टर ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर उनकी मेडिकल जांच करवाई और वापसी के लिए बस उपलब्ध कराई है कोरोना हैंड सैनिटाईजर लाइसेंस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों के तहत अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाईजर के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है दोनों डिस्टिलरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिकमंड फॉर्मूला के आधार पर अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाईजर के निर्माण की अनुमति दी गई है शहीद श्रद्धांजलि सुकमा जिले में शनिवार को माओवादी हमले में शहीद जवानों को आज सुकमा पुलिस लाईन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह मंत्री ताम्रध्वज साह उद्योग मंत्री कवासी लखमा विधायक मोहन मरकाम कोंद्रीय गृह मंत्रालय को वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कमार और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने श्रद्धांजलि अर्पित्त की गौरतलब है कि बीते शनिवार को हुए माओवादी हमले में सत्रह जवान शहीद हो गए थे वहीं हमले में घायल पंद्रह जवानों का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की उन्होंने घायल जवानों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की राज्यपाल ने कहा कि माओवादियों को उनके कायराना हमले का मुंहतोड जवाब दिया जाएगा